संयुक्त राष्ट्र ने महिला अधिकारों पर एक नई घोषणा में महिलाओं के मौजूदा अधिकारों को संरक्षित रखने की बात कही है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखण्ड वासियों को रंगों का त्योहार होली और प्रकृति पर्व बाहा की शुभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्यार भरे रंगों से सजा यह पर्व भाई चारे का संदेश देता है आए मिलकर अपने वर्तमान केो प्यार और परस्पर मेलभिलाप से सींचकर बेहतर कल का आगाज करें देश भर में रंगों का त्योहार होली आज मनाई जा रही है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है कोरोना वायरस के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन में इस बार पारम्परिक होली मिलन समारोह नहीं हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अभित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी होली मिलन समारोह में भाग नहीं लेंगे राज्यभर में आज पूरे उमंग और उत्साह के साथ रंगों का त्योहार होली मनाई जा रही है यह त्यौहार ब्राई पर अच्छाई की जीत और बसंत के आगमन का प्रतीक है पुलिस ने इस मौके पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्तस नजर रखने का फैसला किया है साथ हीं संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया उपद्रव करने वालों पर पुलिस शख्त कार्रवाई करेगी होली को लेकर खूंटी जिले में भी लोगों में उत्साह है यहां शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया इधर होली को लेकर गिरिडीह में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने के लिए भी संवोदनशील और अतिसंवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की नियुक्ति की गई है गिरिडीह में होली के दिन शराब की बिकी पर रोक लगा दी गई हैं उपायुक्त राहूल कुमार सिन्हा ने लोगों से मिलजुलकर होली मनाने की अपील की बोकारो जिले में शॉति व सौहार्दपूर्ण माहौल में होली मनाई जा रही है हल्की ठढ़ के बावजूद बच्चों को सुबह से ही रंगों में सराबोर देखा गया उधर पत्रकारों द्वारा आयोजित किए गए होली मिलन समारोह में प्रदेश के मंत्री जगन्नाथ महतो और उपायुक्त मुकेश कुमार ने जमकर होली खेली और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार अच्छे से चले और प्रदेश का विकास हो यही उनकी कामना हैं होली को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं विभिन्न चौक चौराहों पर काफी संख्या में पुलिस बल के जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया है वहीं बिजली व पानी को लेकर भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है होली पर सुरक्षा को लेकर समी थाना में क्यूआरटी की टीम रिजर्व रहेगी जो किसी मी स्थान पर दंगा और हंगामा होने की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचेगी और हुड़दंगियों को गिरफ्तार करेगी उधर हजारीबाग में ओल्ड एज होम में रह रहे ब्रजुर्गो के साथ रेड कास सोसाइटी के सदस्यों ने होली मनाई और उन्हें अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी ईरान में कोरोना वायरस के कारण फंसे अपने नागरिकों को लेकर भारतीय वायुसेना का एक परिवहन विमान आज सुबह हिंडन हवाई अड्डे पर उतरा तेहरान से अंठावन भारतीय नागरिकों को लाया गया है

ईरान से लाए गये सभी लोगों को अभी चिकित्सकों की निगरानी में रख कर जांच की जाएगी मंत्रिमण्डल सचिव राजीव गॉबा ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने प्रवेश मार्गो पर चौकसी रखने निगरानी बढ़ाने तथा प्रयोगशालाओं और अस्पतालों को तैयार रखने पर जोर दिया श्री गॉबा ने राज्यों से कहा कि वे कोरोना वायरस से संदिग्ध रूप से ग्रस्त लोगों को पृथक रखने की सुविधाओं तथा सूचनाओं प्रबंधन और जोखिम के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था करें इसे बीच पंजाब में कोरोना वायरस का एक नया मरीज सामने आया है

जमशेदप्र के बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में डेढ़ साल से कई मामले में फरार डकैती के एक आरोपी ने पकड़े जाने पर होमगार्ड जवान रतन कुमार को हथियार से घायल कर दिया आरोपी बर्मामाइंस चूना भट्टा निवासी भोकू नाम का व्यक्ति है घटनास्थल पर पहुंची पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और होमगार्ड जवान को घायल अवस्था में टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है पोषण की स्थिति में सुधार के लिए केन्द्र सरकार पोषण अभियान चला रही है यह अभियान तकनीकी और निर्घारित लक्ष्य के साथ बच्चों किशोरों गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं को सहायता प्रदान करता है

कृपोषण मुक्ति पखवाड़ा आयोजत कर इससे निपटने के प्रयास किये जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र ने महिला अधिकारों पर एक नई घोषणा पारित की है जिसमें महिलाओं के मौजूदा अधिकारों को संरक्षित रखने की बात तो कही गई है लेकिन समानता की दिशा में आगे बढ़ने के किसी नए तरीके की पैरवी नहीं है यह घोषणा महिलाओं की स्थिति से संबद्ध आयोग की चौसठवीं बैठक में स्वीकार की गई इस आयोजन को पहले दो सप्ताह तक चलना था लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण यह केवल एक घंटे की बैठक तक सीमित कर दिया गया छह बार की विश्व चौम्पियन एम सी मैरीकॉम और विश्व के नंबर एक अभित पंघाल सहित तीन भारतीय मुक्केबाजों ने ओलंपिक खेलों में जगह पक्की कर ली है मैरीकॉम और पंघाल कल जॉर्डन के अम्मान में एशियाई क्वालीफायर के सेमीफाइनल में पहुंच गये